बाद प्रदेश प्रभारी प्रदेश के नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में जोरशोर से चल रही हैं तैयारियां सत्रह दिसंबर को राज्यपाल दिलाएंगी नये मुख्यमंत्री को शपथ बीजापुर में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में एक सहायक उप निरीक्षक सहित तीन जवान घायल कोंडागांव में पांच पांच किलो के दो प्रेशर बम बरामद ओड़िशा के तट पर बने चक्रवात के असर से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कृछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार मुख्यमंत्री चयन कांग्रेस बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल रायपुर में पार्टी विधायक दल की बैठक में की जाएगी राज्य के नये मुख्यमंत्री परसों यानी सत्रह दिसंबर को शपथ लेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद यह जानकारी दी बैठक में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव डॉक्टर चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू शामिल हुए जैसी कि खबर दी जा चुकी है मुख्यमंत्री के नाम के चयन के लिए पिछले तीन दिनों से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद बीते बारह दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री पुनिया की मौजूदगी में रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी बैठक में विधायक दल ने मुख्यमंत्री के नाम के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया था इसके बाद कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों से चर्चा की मुख्यमंत्री के नाम को लेकर श्री गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आज भी नई दिल्ली में कई दौर की बैठकें हई बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री पुनिया ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल दोपहर बारह बजे रायपुर में बुलाई गई है बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी इधर राजधानी रायपूर में भी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के निवास पर उनके समर्थक जुटे हुए हैं वहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के निवास के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है शपथ ग्रहण तैयारी राजधानी रायपुर में प्रदेश के नये मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने नब्बे में से अड़सठ सीटों पर जीत हासिल की है पार्टी की ओर से नए मुख्यमंत्री का नाम तय होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा यह समारोह सत्रह दिसंबर को साईस कॉलेज मैदान में होगा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा नये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के अलावा कांग्रेस शॉसित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी संभावना जताई जा रही है प्रदेश के मुख्य सचिव अजय सिंह ने समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन मंच बनाए जा रहे हैं जिसमें से बीच के मंच पर शपथ ग्रहण होगा अति विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों और नवनिर्वाचित विधायकों के लिए अलग अलग मंच रहेंगे इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों के बैठने के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग शपथग्रहण को देख सके इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाई जा रही है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर बसवराजु एस ने कलेक्टोरेट में बैठक लेकर समारोह के संबंध में विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है विमानतल समारोह स्थल अतिथियों के ठहरने सहित सभी आवश्यक स्थलों पर कार्यपालिक दण्डाधिकारी तैनात किए गए हैं माओवादी वारदात बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी विस्फोट में एक सहायक उप निरीक्षक सहित तीन जवान घायल हो गए हैं जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों के जवान भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोदली के जंगलों में गश्त पर निकले हुए थे तभी माओवादियों ने बारूदी विस्फोट कर दिया

तीनों का इलाज भैरमगढ़ अस्पताल में किया जा रहा है इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है वहीं कोंडागांव जिले में ईरागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारदा नदी के पास सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए पांच पांच किलो के दो प्रेशर बम बरामद किए हैं बाद में इन बमों को निष्क्रिय कर दिया गया

एटीएम उद्योग परिसंघ की उस रिपोर्ट के बाद यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगले वर्ष मार्च तक दो लाख अड़तीस हजार एटीएम में से पचास प्रतिशत मशीन बंद किए जाने की आशंका है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि देश में तीस सितंबर तक दो लाख इक्कीस हजार एटीएम मशीनें लगाई जा चुकी हैं दर्घटना दूर्ग जिले के कुम्हारी के पास एक तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर खारून नदी में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात ये तीनों कार में सवार होकर दूर्ग से रायपुर की ओर आ रहे थे तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए खारून नदी में जा गिरी इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का इलाज एम्स अस्पताल में चल रहा है विभागीय परीक्षा नतीजे राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं गृह विभाग के विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा वन सहकारिता कृषि पश्धन खनिज साधन आबकारी उद्योग पुलिस आदिमजाति भू अभिलेख राजस्व वाणिज्यिक कर समाज कल्याण महिला बाल विकास पंचायत ऊर्जा और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिए अगस्त में परीक्षा आयोजित की गई थी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों की ग्रणवत्ता की जांच होगी चालू माह में छह राष्ट्रीय समीक्षक प्रदेश के दस जिलों का दौरा कर निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के राज्य ग्रणवत्ता समन्वयंक के मुताबिक राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक कोरबा सरगुजा बीजापुर नारायणपुर कांकेर कोण्डागांव बालोद धमतरी राजनांदगांव और कवर्धा जिले में निर्माणाधीन सड़कों की जांच करने आ रहे हैं मौसम प्रदेश में अच्छी ठंड के लिए अभी लोगों को हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ सकता है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी एनएस मेहता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय ओडिशा के तट पर एक चक्रवात बना हुआ है इसके प्रभाव से प्रदेशभर में बादल छाए हुए हैं

श्री मेहता ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी इलाकों में अभी भी अच्छी ठंड पड़ रही है लेकिन चक्रवात का असर अगले पांच छह दिनों में समाप्त होने के बाद ही पूरे प्रदेश में ठंड पड़ने की संभावना है

इस कार्यक्रम में आज लखनऊ की मालिनी अवस्थी द्वारा गायन और दिल्ली के विद्यालाल तथा अभिमन्यु लाल द्वारा कत्थक की प्रस्तुति दी जाएगी कटघोरा डोंगरगढ़ रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में होने वाली जन सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है गौरतलब है कि प्रस्तावित कॉरिडोर के कारण कर्बीरधाम जिले के पचास गांवों के प्रभावित किसानों की दावा आपत्ति को लेकर कवर्धा में सत्रह दिसंबर को जन सुनवाई होने वाली थी कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के कवारपूर परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने कुछ मकानों और धान की फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है वहीं बैकुंठपुर परिक्षेत्र के कन्दाबारी जंगल में भी इन दिनों हाथियों का दल घूम रहा है गरियाबंद जिले के राजिम स्थित जिला सहकारी बैंक में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रूपये की नगद राशि लूट ली